इस प्रस्ताव पर सदन में बहस जारी है बहस की शुरुआत करते हुए विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के लिए सत्र बुलाने में देरी की है

लेकिन राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया बहस में भाजपा के जोगेश्वर गर्ग और बाबूलाल खराड़ी ने तथा कांग्रेस की ओर से जे पी चंदेलिया सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे प्रदेशभर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाय जा रहा है इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य नये मतदाताओं को प्रोत्साहित करना है राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है और नवपंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित किये जा रहे हैं बीकानेर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरुकता रैली निकाली गई रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया जिला कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया बाडमेर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

उनके संबोधन को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी केन्द्रों से शाम सात बजे से प्रसारित किया जायेगा दरदर्शन के सभी केन्द्र भी इसका प्रसारण करेंगे हिन्दी में भाषण के बाद अंग्रेजी में भी इसे प्रसारित किया जायेगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान पुलिस बैंड द्वारा कार्यक्रम पेश किया जायेगा शाम पांच बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में आम जनता के अलावा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजुद रहेंगे

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि एएसआई पद से सेवानिवृत पुलिसकर्मी हिंदू सिंह और चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर के हैड कांस्टेबल मुक्ट बिहारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है

बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में एक ट्रेक्टर ट्रॉली से कुचले जाने से मोटर साइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई उधर बीकानेर के डूगरगढ करबे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रको की टक्कर में आग लगने से एक ट्रक चालक की मौत हो गई सीकर जिले की दांतारामगढ थाना पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है इन लोगों ने पिछले महीने सुरेरा गांव में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया था